श्री मोदी ने कहा कि भारत को नई उचाइयों तक ले जाने के लिए हर देशवासी को कार्य करना होगा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से आग्रह किया कि समाज की बेहतरी के लिए उन्नत संचार कौशल विकसित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद समारोह से आपसी चर्चा की बेहतर प्रक्रिया विकसित होगी उन्होंने कहा कि आवाज जैसी भी हो लेकिन बात प्रेरक होनी चाहिये

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नर्मदा नदी न्यास और ताप्ती नदी न्यास बनाने पर मुहर लगा दी है प्रस्तावित न्यास इन नदी के हित संरक्षण के लिए विभिन्न आवश्यक कार्य करेंगे

आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं अब आकाशवाणी के समाचार सुनना और भी आसान हो गया है समाचारों पर आधारित नए चैनल न्यूज ऑन एआईआर को पिछले दिनों शुरू किया गया यह चैनल फ्री डिश के डीटीएच चैनल नंबर एक पर उपलब्ध होगा

मौसम प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है राजधानी भोपाल में आज सुबह कई इलाकों में बारिश हई जिसके बाद मौसम में ठण्डक घूल गई उधर शिवपूरी जिले में भी आज सुबह से बादल छाए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीती रात कई स्थानों पर बारिश के बाद क्षेत्र में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है वहीं सतना जिले में भी बादल छाये हुए हैं जिससे किसानों की चिन्ता बढ़ गई है इससे पहले कल मुरैना में तेज बारिश के साथ करीब पांच मिनट तक ओले गिरे उज्जैन में भी तेज ऑधी के साथ हल्की ब्रंदा बांदी हुई थी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में भोपाल ग्वालियर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है विभाग के मुताबिक आने वाले दो दिनों में तापमान में गिरावट आयेगी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक जिन इलाकों में स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं वहां घर घर सर्वे कराया जा रहा है शहडोल संभागायुक्त ने संभाग के सभी बस स्टैण्डों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिये हैं